कैबिनेट निर्णय राज्य सरकार ने किसानों के नॉन परफॉर्मेंस खातों के लोन को वन टाइम सेटेलमेंट के जरिये माफ करने का निर्णय लिया है साथ ही प्रत्येक एपीएल परिवार को दस रूपये किलो के हिसाब से चावल देने की योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए बाद में संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों को इन फैसलों की जानकारी दी श्री चौबे ने बताया कि बैंकों के नान परफॉर्मेंस खातों के लोन को वन टाइम सेटलमेंट के लिए जरिये माफ किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है इसमें इक्कीस सार्वजनिक बैंकों के साथ आईडीबीआई बैंक को भी शामिल किया गया है एक अन्य फैसले के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य के हर परिवार का राशन कार्ड बनाया जाएगा प्रदेश में पैंसठ लाख परिवारों के राशन कार्ड बनेंगे इस कार्डो पर एक व्यक्ति के परिवार को दस किलो दो व्यक्ति के परिवार को बीस किलो और तीन व्यक्ति के परिवार को पैंतीस किलो चावल दिया जाएगा उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब तक नया राशन कार्ड नहीं बनेगा तब तक पुराने राशन कार्ड से अनाज मिलता रहेगा मंत्री श्री चौबे ने बताया कि सरकार ने शक्कर कारखानों से पीडीएस के लिए चीनी खरीदने का फैसला लिया है साथ ही अनुसूचित विकास प्राधिकरण के कार्य स्वीकृत करने का दायरा चार से बढ़ाकर ग्यारह कर दिया गया है वहीं अशासकीय स्कूलों और कॉलेजों में फीस निर्धारित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो न सिर्फ शिकायतें सुनेगी बल्कि इनका निराकरण भी करेगी सरकार के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि अब बारहवीं तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम का लाभ दिया जाएगा पहले आठवीं तक के बच्चों को ही इसका फायदा मिलता था अब बारहवीं तक के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और गणवेश के साथ किताबें भी दी जाएंगी

इनमें मैट्रिक पूर्व मैट्रिक परवर्ती और योग्यता तथा आमदनी आधारित छात्रवृत्तियां शामिल हैं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल नई दिल्ली में मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन की कार्यकारिणी और सामान्य सभा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी

वे वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली का स्थान लेंगे जो खराब स्वास्थ्य के चलते सरकार में शामिल नहीं हए हैं श्री गहलोत मध्यप्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में दल के नेता होंगे जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उप नेता होंगे वहीं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत राज्यसभा में पार्टी के नेता और रेल मंत्री पीयूष गोयल को उप नेता बनाया गया है माओवादी सामग्री बरामद आगजनी गरियाबंद जिले में माओवादियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में सुरक्षा बलों ने बड़ी मात्रा में हथियार सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद करने में सफलता हासिल की है मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों की टीम गश्त पर निकली हुई थी इसी दौरान जवानों ने मैनपुर थाना क्षेत्र में एक बंकर में छिपाकर रखे गए विस्फोटक और हथियार बरामद किए इनमें देशी रॉकेट लॉन्चर दो भरमार बंद्रक एक एयर गन एक देशी रिवॉल्वर पांच जिलेटिन वायर बंद्रक आठ जिंदा कारतूस और हथियार बनाने की सामग्री सहित अन्य विस्फोटक शामिल हैं इसी जिले के मैनपुर नवामुड़ा तेंदूपत्ता गोदाम में माओवादियों ने आज सुबह आग लगा दी इस आगजनी में तेंदूपत्ता से भरे हुए लगभग पंद्रह हजार बोरे जलकर नष्ट हो गए फायर बिग्रेड की मदद से इस आग पर काबू पाया गया बताया जाता है कि इस वारदात के दौरान माओवादियों ने गोदाम के तीन चौकीदारों को भी बंधक बना रखा था पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की

आईसीटी के इस्तेमाल में प्रदेश को पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए पूरे विभागीय अमले को बधाई दी है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 यह कार्यक्रम का चौव्वनवां संस्करण होगा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

आज के दिन विभिन्न सरकारें नियोक्ता और कामगार संगठनों के अलावा करोड़ों लोग बाल श्रमिकों की दयनीय दशा को उजागर करने और उनकी सहायता के लिए एकजुट होते हैं इस वर्ष का विषय है बच्चे खेतों में काम करने की बजाय अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करें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 केंद्रीय खाद्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अन्तर मंत्रालय समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिससे अरहर की दाल की उपलब्धता बढ़ेगी और इसके बढ़ती कीमतों पर अंकृश लगाया जा सकेगा श्री पासवान ने कहा कि सरकार के पास उनतालीस लाख टन दालों का सुरक्षित भंडार है जिसमें करीब साढ़े सात लाख टन अरहर की दाल है

इस आशय के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिए हैं रायपुर में एक बैठक लेकर उन्होंने राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अस्पतालों की व्यवस्था और उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की श्री सिंहदेव ने कहा कि जिला चिकित्सालयों में निजी विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए जिला खनिज निधि या जीवनदीप समिति की राशि का उपयोग किया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग भी राशि उपलब्ध कराएगा मौसम राज्य के अधिकतर इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है मौसम विभाग ने आगामी चौबीस घंटों के दौरान कई जगहों पर लू की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी है रात के तापमान में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी जनकराम साह ने बताया कि आगामी चौबीस घंटों के दौरान कुछ जगहों पर चालीस से पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चल सकता है वहीं एक दो स्थानो पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है आज कोरिया और बिलासपुर जिले में क्छ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं संक्षिप्त समाचार डॉक्टर एस भारतीदासन राजधानी रायपुर के नये कलेक्टर बनाए गए हैं भारतीदासन वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत् हैं दुर्ग में कुम्हारी सर्विस रोड के पास दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई आमने सामने की भिडंत में एक युवक कीॅ मौत हो गई कोरबा जिले के तानाखार के पास दो वाहनों की आपसी भिडंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो बच्चे सहित चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं कबीरधाम जिले के बनिया और गौरामाटी के बीच आज तड़के एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई इस हादसे में वाहन में सवार चार महिला सहित सोलह मजदूर घायल हो गए जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जाती है